चिकित्सकों की टीम इसके लिए तैयार है राज्य सरकार ने अनुमति के लिए आईसीएमआर को लिखा है अनुमति मिलते ही प्रदेश में प्लाज्मा थैरेपी से इलाज शुरू हो सकेगा डॉ शर्मा ने बताया कि प्लाज्मा थैरेपी के जरिए इलाज के लिए चिकित्सकों की टीम ने पॉजीटिव से नेगेटिव हुए मरीजों के ब्लड सैंपल ले लिये है उनका प्लाज्मा लेकर गंभीर या स्टेज दू के मरीजों का इलाज किया जाएगा

उन्होंने कहा कि राजस्थान उन राज्यों में भी अग्रणी है जहां सबसे कम मृत्यु दर है केन्द्र सरकार के दुकानें खोलने संबंधी नये दिशा निर्देशों के बाद राज्य सरकार ने भी व्यापारिक प्रतिष्ठान खोलने के संबंध मेँ नये दिशा निर्देश जारी किये हैं राज्य में अब आवासीय क्षेत्रों और उनके आस पास बनी द्रकानें जो मार्केट कॉम्लेक्स का हिस्सा नहीं है खोली जा सकेंगी नगर पालिका क्षेत्र से बाहर के इलाकों में शॉपिंग कॉम्लेक्स में बनी दुकानें भी कर्मचारियों की आधी संख्या के साथ खोली जा सकेंगी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि अभी रेस्त्रां सैलून पार्लर और मॉल्स की दुकानें खोलने की अनुमति नहीं है हॉटस्पॉट और संकमित क्षेत्रों में किसी भी दुकान को खोलने की अनुमति नहीं होगी

इन जिलों में केन्द्र और राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है और तमाम सावधानियां भी बरती जा रही हैं मॉडिफाइड लॉकडाउन के दौरान इन जिलों में आवश्यक गतिविधियों में छूट भी मिली है

यहां पर नियमित रूप से आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खूल रही हैं

करौली जिले में सरकार की अनुमति के बाद उद्योगों को खोलने की प्रक्रिया धीरे धीरे शुरू हो गयी है

रीको क्षेत्र के एक उद्यमी ने आकाशवाणी से बातचीत की

ताकि उन्हें घर भेजने की व्यवस्था की जा सके

जांच रिपोर्ट आने के बाद छात्रों के लिए क्वारेंटीन की व्यवस्थाए जिला प्रशासन की ओर से की गई है करौली जिले के हिण्डौन के छात्र भी आज बसों के माध्यम से हिण्डौन पहुंचे जहां उनकी स्कीनिंग की गई

पॉजीटिव से नेगेटिव हुए इन मरीजों में जयपुर के माणक चौक पुलिस थाने के सिपाही रामचरण सोराण भी शामिल है उन्होंने आकाशवाणी से बातचीत में बताया कि कोरोना वायरस पॉजीटिव आने के बाद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और सकारात्मक सोच से इस बीमारी से छ्टकारा पाया

जयपुर शहर में रोजाना भोजन के ढाई लाख पैकेट्स प्रशासन के माध्यम से वितरित किए जा रहे हैं

लॉकडाउन में पशु पक्षियों के लिए भी चुग्गा चारा और पानी की व्यवस्था की जा रही है वूंदी में स्काउट गाइड की ओर से कापरेन केशोरायपाटन हिंडौली और बूंदी शहर में पंरिंडे बांधे गए और दाने की व्यवस्था की गयी

आज जिला कमिश्नर सीडीईओ जगदीश प्रसाद शर्मा ने अभियान का जायजा लिया और स्काउटगाइड का उत्साहवर्द्वन करते हुए उन्हें प्राणी सेवा में अधिक से अधिक समय का सद्पयोग करने को कहा करौली जिले में स्काउट गाइड की ओर से विभिन्न स्थानों पर सब्जियों की दुकानें लगायी गयी

ये लोग गली मोहल्लों और विभिन्न कार्यालयों में साफ सफाई रखकर महामारी से बचाव के लिए स्वच्छता का संदेश भी दे रहे हैं विभिन्न स्थानों पर इन्हें सम्मानित भी किया जा रहा है

यह कार्यक्रम आकाशवाणी और द्रदर्शन के समुचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा

हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी इसे क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित करेगा रात को आठ बजे से क्षेत्रीय भाषाओं में इसे दोबारा सुना जा सकता है

प्रदेश में ये फालना ब्यावर अजमेर और जयपुर में रूकेगी

भरतपुर में जिला कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को क्वारेंटीन केन्द्रों पर ठहरे हुए मुस्लिम समुदाय के रोजेदारों के लिए रोजा इफ्तार के पर्याप्त इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं